उच्चतम न्यायालय छब्बीस फरवरी को अयोध्या भूमि विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई करेगा केन्द्र सरकार विनियामक पूंजी की आवश्यकता पूरी करने के लिए इस वित्त वर्ष में बारह सरकारी बैंकों को चार खरब अस्सी अरब से अधिक रुपये देगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी चौबीस फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से साझा करेंगे अपने विचार केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जल्द ही यमुना में भी जल परिवहन शुरू होगा और इसके लिये बागपत में वाटर पोर्ट बनाया जायेगा कल बागपत में सड़क परिवहन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यमुना में जल परिवहन शुरू होने से इलाके के उत्पादों और फसलों को तेजी से निर्यात किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश की चीनी को जल मार्ग से बांग्लादेश निर्यात करने के लिये सरकार प्रयासरत है केन्द्रीय मंत्री नीतिन गडकरी ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीन जिलों मुरादाबाद मेरठ और बागपत में कुल मिलाकर पांच सौ दस किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क योजनाओं और नमामि गंगे परियोजना के तहत प्रदूषण नियंत्रण और नदी की सफाई से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया उन्होंने कल बागपत में राष्ट्रीय राजमार्ग तीन सौ चौंतीस बी के बागपत से मेरठ बहालगढ़ के रो लेन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया इससे पहले श्री गडकरी ने मुरादाबाद में नमामि गंगे परियोजना के तहत बारह सौ करोड़ रूपये से अधिक की प्रदूषण नियंत्रण और सड़क परिवहन की योजनाओं का शिलान्यास किया उन्होंने मेरठ में भी तीन परियोजनओं की आधारशिला रखी जिसमें मेरठ बुढ़ाना शामली होते हुए हरियाणा बार्डर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और मेरठ नजीबाबाद खंड पर चौव्न किलोमीटर के राजमार्ग का निर्माण शामिल है मेरठ में उन्होंने काली नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने से जुड़े कई कार्यक्रमों को शुरू किया केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने किसानों को वित्तीय और सिंचाई सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कुसुम को मंजूरी दे दी है इस योजना के अंतर्गत खेती में काम आने वाले साढ़े सत्रह लाख पम्प सैटों को सौर ऊर्जा के जरिए बिजली उपलब्ध करायी जाएगी केन्द्र सरकार ने स्टार्टअप की परिभाषा को सरल बनाया है अब स्टार्टअप पच्चीस करोड़ रुपये तक के निवेश पर एंजल टैक्स से पूरी तरह छूट प्राप्त कर सकते हैं इससे पहले स्टार्टअप कम्पनियां कर में छूट भी प्राप्त कर सकती थी जब एंजल निवेशकों सहित कुल निवेश दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने इसकी मंजूरी दी है अयोध्या राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई छब्बीस फरवरी को होगी प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी संविधान पीठ चार दीवानी मामलों में दो हजार दस के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अयोध्या में दो दशमलव सात सात एकड़ जमीन को तीन पक्षकारों सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच समान रूप से विभाजित करने का फैसला दिया था रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने निवेशकों को भारत के एयरो स्पेस के अंतर्गत इको प्रणाली और अन्य क्षेत्रों में पूंजी लगाने के लिए आमंत्रित किया है उन्होंने कहा कि रक्षा सामग्री के निर्माण के मामले में भारत एक बड़ा बाजार है बंगलूरू के येलहंका वायुसेना केंद्र में एयरो इंडिया दो हजार उन्नीस के शुभारंभ के अवसर पर श्रीमती सीतारामन ने मेक इन इंडिया पर विशेष जोर दिया रक्षा मंत्री ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने सहित सरकार द्वारा की गई पहल का जिक्र किया रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्षा उपकरण खरीदने के वास्ते निवेशकों ने भारत के व्यापारियों के साथ एक लाख सत्ताईस हजार पांच सौ करोड़ रूपये के डेढ़ सौ अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए इस अवसर पर केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रमु ने बताया कि पिछले चार वर्षो में देश में विमानन क्षेत्र में बीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एन आई ए ने पुलवामा हमले की जांच के लिए मामला दर्ज कर लिया है इसके लिए एक टीम का गठन किया गया है एनआईए ने घटनास्थल से विस्फोटकों के नमूने और कुछ अन्य सबूत भी एकत्र किए हैं केन्द्र सरकार ने नियामक पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति और वित्त विकास योजनाओं को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बारह बैंकों को इस वित्त वर्ष में चार खरब बयासी अरब उन्तालिस करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी है वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने कहा कि बैंकों में फिर से पूंजी लगाने से उनको बेहतर ढंग से कामकाज करने में मदद मिलेगी केन्द्र सरकार ने स्कूलों में बेहतर डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरूआत की है यह व्यवस्था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की ही भांति होगी मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी चौबीस फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर अपने संदेश भी भेज सकते हैं प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल बेंकटेश्वर लू ने कहा है कि देश और समाज के विकास के लिये अपना स्वार्थ त्याग कर हमें मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में औसत से कम मतदान होता है श्री लू कल जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आयोजित एक मतदाता साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे प्रख्यात हिंदी साहित्यकार और आलोचक प्रोफेसर नामवर सिंह के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री राजनाथ सिंह और अनेक नेताओं ने हिन्दी के जाने माने समालोचक और लेखक प्रोफेसर नामवर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति ने कहा है कि हिन्दी साहित्य आलोचना में नए मानदंड स्थापित करने वाले डॉक्टर नामवर सिंह का निधन न केवल हिन्दी के लिए बल्कि सम्पूर्ण भारतीय साहित्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है प्रधानमंत्री ने नामवर सिंह के निधन को विश्व साहित्य के लिए अपूरणीय क्षति बताया है केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रोफेसर नामवर सिंह ने अपने लेखन से हिन्दी साहित्य को नया आयाम और भाषा को नया मुहावरा दिया राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने आकाशवाणी से विशेष भेंट में नामवर सिंह को ऐसा वक्ता बताया जिसने हमेशा युवाओं को प्ररेणा दी हमारे दौर के सबसे बड़े साहित्यकार ओजस्वी वक्ता ही थे बल्कि उन विरले मनीषियों में से थे जो हमेशा अपने विचारों के साथ नई दृष्टि देते थे युवाओं को प्रेरित करते थे और समाज के जो बडे सवाल थे उनके समाधान के लिए क्या रास्ते इतिहास दर्शन हमारी पुरानी मनीषा या हमारे पुराने साहित्य में क्या चीजें हैं उनका जितना विद्वतापूर्ण वे विश्लेषण करते थे उनके साथ ही वह दौर खत्म हुआ

कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने कहा है कि नामवर सिंह के निधन से जोरदार आवाज खामोश हो गई साहित्य जगत की नामवीन हस्ती नामवर सिंह का जन्म अट्ठाईस जुलाई उन्नीस सौ छबीस को वाराणसी के एक गांव में हुआ था श्री नामवर सिंह का कल नई दिल्ली में अंतिम संस्कार कर दिया गया श्री सिंह का परसों रात निधन हो गया था वे बान्नबे वर्ष के थे और लम्बे समय से बीमार थे उनका इलाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में चल रहा था केन्द्र सरकार ने रेलवे में एक लाख तीस हजार पदों पर भर्ती का फैसला किया है